इसे देखते हुए प्रदेश में दोनों ही प्रमुख पार्टियों के स्टार प्रचारकों के दौरे तेज हो गए हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज अजमेर जालौर और कोटा में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन मे प्रचार किया जालौर संसदीय क्षेत्र के रामसीन में कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए श्री गांधी ने कहा कि नोटबंदी के कारण लोगों के पास पैसों की कमी से माल की खरीद नहीं हई तथा कारखाने बंद हो गए इससे बेरोजगारी बढ गई

कोटा में भी राहुल गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी रामनारायण मीणा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया इस सभा को पार्टी नेता अशोक गहलोत ने भी संबोधित किया और भाजपा पर आरोप लगाया कि उसने कोटा एयरपोर्ट को हमेशा अटकाये रखा श्री गहलोत ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आयी तो किसानों के दिन बेहतर होंगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस नीतियों और सिद्धांतों पर काम करती है

उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने जन धन खाते खोले

उन्होंने कहा कि जनता न्याय और अन्याय के फर्क को समझती है भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज बांसवाड़ा जिले के घाटोल में चुनावी सभा की श्रीमती राजे ने भाजपा सरकार के समय प्रदेश में किए गए कार्यों की जानकारी दी

यह जनसभा शहर के मानसरोवर स्थित वीटी रोड पर आयोजित होगी इस जनसभा को सफल बनाने के लिए जयपुर शहर भाजपा की ओर से आज मोतीडूंगरी स्थित गणेश जी को निमंत्रण दिया गया इस मौके पर पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ तथा जयपुर शहर भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल गुप्ता मौजूद रहे

रैली को जिला निर्वाचन अधिकारी रूकमणी रियार और उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश जोशी ने जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया सप्ताह के तहत भरतपुर में दिव्यांग वोट महोत्सव का आयोजन हुआ इसमें जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान करने की शपथ दिलाई साथ ही मतदाता जागरूकता बैलून हवा में उड़ाकर मतदान के महत्व की जानकारी दी इस दौरान कलाकारों द्वारा नुक्कड़ नाटक के जरिए वोट डालने की अपील की गई सतरंगी सप्ताह में आज बीकानेर में वोट बारात का आयोजन किया गया अध्यापक अध्यापिकाओं और विद्यार्थियों ने बैंड बाजों के साथ वोट बारात निकाली और घर घर जाकर सभी लोगों से वोट डालने का आग्रह किया

बैठक में निर्धारित किए गए संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस के पुख्ता इंतजाम रखने के निर्देश दिए गए साथ ही माइको ऑब्जर्वर यीडियोग्राफर तथा वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए राजसमंद में आज लोकसभा चुनाव से संबंधित निर्वाचन निर्देशिका का विमोचन जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद कुमार पोसवाल ने किया

हवाई अड्डे के निदेशक अशोक कपूर ने बताया कि हैदराबाद से किशनगढ़ पहुंचे इस नई उड़ान के यात्रियों का स्वागत किया गया

उन्होंने बताया कि आज से ही दिल्ली हवाई सेवा के समय में भी बदलाव किया गया है

राजस्थान राज्य रक्त संचरण परिषद की आज जयपुर में हुई बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने इसके संबंध में निर्देश दिए उन्होंने कहा कि जरूरतमंद व्यक्ति के लिए खून की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाना सबका कर्तव्य है